प्रधानमंत्री ने कहा आज का फैसला मजबूत न्यायपालिका की निशानी है प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा बापू की प्रदेश की यात्राओं पर आधारित विशेष श्रृंखला मध्यप्रदेश में महात्मा के पांचवें अंक में आज सुनिये बापू के नरसिंहपुर प्रवास के संस्मरण अयोध्या फैसला उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या की विवादित भूमि पर आज फैसला सुनाते हुए कहा कि दो दशमलव सात सात एकड़ विवादित भूमि श्री रामजन्म भूमि न्यास को दी जाये और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिये अयोध्या में ही उचित स्थान पर पांच एकड़ भूमि दी जाये

संविधान पीठ में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति शरद बोबडे न्यायमूर्ति अशोक भूषण न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूति एस अब्दुल नज़ीर शामिल थे

फैसले में कहा गया है कि सरकार निर्मोही अखाड़े को मंदिर निर्माण के लिये बनाये जाने वाले न्यास में उचित प्रतिनिधित्व दे सकती है

फैसला प्रतिक्रिया अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सभी राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया है

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने एक ट्वीट में अपील करते हुए कहा कि न्यायालय के इस फैसले का हम सभी मिलजुलकर सम्मान और आदर करे षिया वक्फ बोर्ड सुन्नी बोर्ड ने भी इस फैसले का स्वागत किया है फैसला स्वागत प्रदेश में भी तमाम राजनीतिक दलों और संगठनों ने शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया है नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के गोपाल भार्गव ने फैसले को निष्पक्ष और ऐतिहासिक बताया है वहीं कांग्रेस ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि वे न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है उधर आज पूरे प्रदेश में दिनभर से सुरक्षा एजेंसियां स्थितियों पर नजर रखे हुए है

राजधानी भोपाल सहित अधिकतर शहरों में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बन्द रखे हैं तमाम जिलों में मौजूद हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि प्रदेश भर में लोगो ने अदालत के इस फैसले को समझदारी के साथ स्वीकार किया है और राज्य में शांति व्यवस्था बनी हुई है जबलपुर में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और बाजार भी आम दिनों की तरह खुले रहे भोपाल में कलेक्टर ने अन्य अधिकारियों के साथ विभिन्न इलाकों का जायजा लिया पन्ना में सुरक्षा के चाकचौबंद इंतजाम किये गये हैं वहीं रायसेन में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है राजगढ में भी कलेक्टर ने शहर में निकलकर हालात का जायजा लिया

गुना में कलेक्टर ने कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये आम लोगों को धन्यवाद दिया है उज्जैन में पुलिस ने दिनभर पेट्रोलिंग कर स्थिति पर नजर रखी सागर में पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि इस फैसले को किसी की हार जीत से नहीं देखना चाहिये उमरिया में भी बाजार बन्द रहे मुख्यमंत्री बैठक उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद मुख्यमंत्री कमल नाथ अपने पूर्व निर्धारित मंडला दौरे को स्थगित कर दिल्ली से भोपाल लौट आए मंत्रालय में बैठक लेने के बाद उन्होंने पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निरंतर सक्रिय और सजग रहकर काम करें मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या के मामले में सर्वसम्मति से दिए गए फैसले का सम्मान करें और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें

इस गांव की जनसंख्या कई सालों बाद भी नहीं बढ़ी है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 मंत्री मरकाम गांधी डिंडौरी जिले में ग्रामीण आजीविका मिषन के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को सेनेट्री नेपकीन के महत्व को बताने का विषेष अभियान प्रारम्भ किया गया है मिषन की समता सखी गांव गांव विद्यालय एवं छात्रावासों में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को सेनेट्री नेपकीन का महत्व बतायेंगी यह जानकारी प्रदेष के जनजातीय कार्य मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने एकलव्य आदर्ष आवासीय विद्यालय डिंडौरी में स्वच्छता से स्वाथ्य की ओर आजीविका मिषन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी